प्रदेश में आज उत्साह और उमंग के साथ परम्परागत ढंग से मनाया जा रहा है ज्योतिपर्व दीपावली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी से आज दिन में ग्यारह बजे मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार प्रदेश में एकीकृत आपात सेवा डॉयल एक सौ बारह कल से शुरू

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग दो सौ छब्बीस करोड़ रूपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकापर्ण भी किया तीसरे दीपोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र की विरासत को सारी दुनिया के सामने रख कर देश के सांस्कृतिक गौरव का आभास कराया है

दीपोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई फिजी गणराज्य की संसद की उपाध्यक्ष और सहायक मंत्री वीना कुमार भटनागर ने कहा कि वह राम नगरी में आकर अमीमूत है उन्होंने कहा कि उनके पूर्वज भारत से फिजी जाकर बस गये थे फिजी र्मे रहने वाले भारतीय मूल के लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति को भुला नहीं सकें है और आज भी भारतीय संस्कृति और भाषा के संवर्द्वन के प्रति समर्पित हैं हमारे पूर्वज भारत से फिजी गये हए थे गिरफिट प्रथा के नीचे और वहां पर उन्होंने अपने खून पसीने से उस सरजमी को सींचा और उसे आज एक रमणीय ट्वीप बनाया लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जो भारतीय संस्कृति है सभ्यता है वह इतनी मजबूत है शाखाएं जड़ों से कट कर यहां फिजी में लेकिन पत्तियां आज भी हरी है हमारी संस्कृति सम्यता आज भी बरकरार है हमने अपनी भाषा को आज भी बरकरार रखा वैसे तो मैं धनय हो गई हूं आज अपने राम की भूमि पर कदम रखते ही मन गदगद हो गया

दीपोत्सव कार्यक्रम के तहत सरयू तट और शहर के अन्य स्थानों पर पांच लाख इक्यावन हज़ार मिट्टी के दीयों से राम नगरी जगमग हो उठी है

ज्योतिपर्व दीपावली आज प्रदेश भर में उत्साह और उमंग के साथ परम्परागत ढंग से मनाई जा रही है लोग अपने अपने घरो की साफ सफाई कर रहे हैं जहां शाम ढलते ही दीओं और मोमबत्तियों की रौशनी जगमगा उठेगी बाजारो में भवनों को बिजली की आकर्षक झालरो से सजाया जा रहा है सभी स्थानों पर देर शाम सुख सम्पत्ति और धन की देवी माता लक्ष्मी तथा विघ्नविनाशक भगवान श्रीगणेश की पूजा अर्चना की जायेगी इस बीच कल छोटी दीपावली पर लोगों ने अपने अपने घरो के सामने दीए जलाए कल ही नरक चतुर्दशी हनुमान जयंती तथा काली चत्दशी भी मनायी गयी हनुमान जयंती पर प्रदेश भर के हनुमान मंदिरों में श्रद्वाल्ओं की भारी भीड जुटी वाराणसी के संकटमोचन और अयोध्या के हनुमानगढ़ी में उमड़े श्रद्वालुओं ने हनुमान जी की पूजा अर्चना की संकटमोचन मंदिर में कल सुबह साढ़े पांच बजे हनुमान जी का विशेष श्रृंगार करके आरती की गयी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित सहित विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं ने प्रदेशवासियों को दीप पर्व दीपावली की शुभकामनायें दी हैं राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि दीपों का यह पर्व समृद्धि का प्रतीक है उन्होंने कहा कि यह पर्व सद्भाव के माहौल को मजबूत बनाने में मददगार होता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बघाई संदेश में कहा है कि दीपावली असत्य अन्याय और शोषण के खिलाफ संघर्ष और विजय का उत्सव है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी से आज सुबह ग्यारह बजे मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे आज देशभर में दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इसी कार्यक्रम की पिछली कड़ी में राष्ट्र के नाम अपने सम्बोधन में देशवासियों से दीपावली का त्योहार सुरक्षित तरीके से मनाने का आग्रह किया था आप सबको विविधता से भरे हुए भारत के विविध विविध त्यौहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं ये भी जरूर देखना कि दिवाली के दिनों में पटाखे वगैरह से कहीं आगजनी कहीं किसी व्यक्ति का नुकसान न हो जाए आइए मिलजुल करके उमंग से उत्साह से नये सपने नये संकल्प के साथ हम त्यौहारों को भी मनाएं फिर एक बार बहत बहत श्रभकामनाएं यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सम्पूर्ण नेटवर्क से प्रसारित किया जायेगा आकाशवाणी की वेबसाइट डब्लू डब्लू डब्लू डॉट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट कॉम और न्यूज ऑन ए आई आर मोबाइल ऐप पर भी यह कार्यक्रम उपलब्ध होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में एकीकृत आपात सेवा डॉयल एक सौ बारह का शुभारम्भ किया प्रदेश में अब तक संचालित आपात सेवा डॉयल सौ को बदल कर एक सौ बारह कर दिया गया है इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि यह एकीकृत सेवा कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ घरेलू हिंसा को नियंत्रित करने में भी प्रमावी साबित होगी श्री योगी ने राज्य पुलिस की कार्यशैली का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में पुलिस की बेहतर व्यवस्था से प्रयागराज में कुंभ और वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस का सफल आयोजन संभव हो सका इसके अलावा शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव सम्पन्न होना भी इसका ताजा उदाहरण है उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस की कार्यप्रणाली में अपेक्षित सुधार आया है और पिछले ढाई वर्षो के दौरान आपराधिक तत्वों के खिलाफ की गई कड़ी कार्रवाई ने आम लोगों विशेषकर महिलाओं व्यापारियों और वरिष्ठ नागरिकों के मन में सुरक्षा की भावना पैदा की है इस एकल हेल्य लाइन में पुलिस सहायता सौ अग्निशमन एक सौ एक महिला हेल्य लाइन दस नबे स्वास्थ्य सेवाओं की एक सौ आठ सहित अन्य नम्बरों को एकीकृत कर दिया गया है चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिये सरकार ने अस्सी साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं को डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा दे दी है चुनाव आयोग की सिफारिश पर कानून मंत्रालय ने इस फैसले को लागू करने की अधिसुवना जारी कर दी है आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि इस व्यवस्था का उददेश्य मतदान में उन नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है या शारीरिक रूप से अशक्त हैं